विभिन्न धर्मग्रुओं ने सर्वधर्म प्रार्थना की इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि नया संसद भवन एक ऐसा स्थान होगा जो इक्कीसवीं सदी के भारत की आकांक्षाएं पूरी करेगा उन्होंने कहा कि यह आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का साक्षी होगा प्रधानमंत्री ने आधारशिला रखे जाने के अवसर को भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में मील का पत्थर बताया भारत में लोकतंत्र एक संस्कार है भारत के लिए लोकतंत्र जीवनमूल्य है जीवन पद्धति है राष्ट्र जीवन की आत्मा है भारत का लोकतंत्र सदियों के अनुमव से विकसित हुई व्यवस्था है भारत के लिए लोकतंत्र में जीवन मंत्र भी है जीवन तत्व भी है और साथ ही व्यवस्था का तंत्र भी है प्रधानमंत्री ने कहा कि नया भवन सांसदों की कुशलता बढ़ाएगा क्योंकि यह आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके नये संसद भवन के शिलान्यास समारोह में राजभवन से वर्चुअल रूप से शामिल हुई तोमर किसान केन्द्र सरकार ने कहा है कि कृषि संबंधी सुधार किसानों के हितों को ध्यान में रखकर किए गए हैं आज नई दिल्ली में भीडिया को संबोधित करते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार किसानों को मंडियों की जंजीरों से मुक्त कराना चाहती है ताकि वे अपनी उपज मंडी से बाहर कहीं भी किसी को मी और मनचाही कीमत पर बेच सकें उन्होंने कहा कि किसानों को कृषि सुधार के जिन प्रावधानों पर आपत्तियां हैं सरकार उनके बारे में खूले दिल से बातचीत करने को तैयार है उन्होंने कहा कि केन्द्र ने किसानों को यह समझाने की कोशिश की ँ कि नए कानूनों का क्रषि उत्पाद विपणन समितियों और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कोई वुरा असर नहीं पड़ेगा श्री तोमर ने किसानों को भरोसा दिलाया कि उनकी जमीन पर उद्योगपति कब्जा नहीं करेंगे

अब तक चार लाख इकतीस हजार से अधिक किसानों ने समर्थन मल्य पर अपना धान बेचा है प्रदेश में एक दिसंबर से समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी शुरू हुई है जो इकतीस जनवरी तक चलेगी वहीं बिलासपुर के संभाग आयुक्त डॉक्टर संजय अलंग ने बिलासपुर जांजगीर चांपा और मुंगेली में धान खरीदी और बारदाने की व्यवस्था की समीक्षा की इसके लिए संभाग आयक्त ने मार्कफेड के प्रबंध संचालक अंकित आनंद और तीन जिलों के कलेक्टरों की एक बैठक ली बैठक में जिला कलेक्टरों को छोटे किसानों से धान की खरीदी प्राथमिकता के आधार पर करने के निर्देश दिए गए इस बीच जांजगीर चांपा जिला कलेक्टर यशवंत कुमार ने आज नवागढ़ विकासखंड के सरखो गांव में धान उपार्जन केन्द्र का आकस्मिक निरीक्षण किया उन्होंने खरीदी केन्द्रों में कोरोना संक्रमण से बचाव संबंधी उपायों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए इधर राजनांदगांव जिले में समर्थन मूल्य पर धान बेचने में परेशानी और इससे जुड़ी समस्याओं को निराकरण के लिए शिविर लगाने का निर्णय लिया गया है जिला कलेक्टर टोपेश्वर वर्मा ने राजस्व अधिकारियों को इस आशय के निर्देश दिए उन्होंने कहा कि रकबा सुधार के लिए प्राप्त किसानों के आवेदनों का तत्काल निराकरण करने के लिए शिविर लगाए जाएं साथ ही किसान पंजीयन रकबे की एंट्री रकबे की कमी गिरदावरी में त्रुटि और धान बेचने में किसी भी तरह की समस्या की जानकारी डायल एक सौ बारह पर भी दर्ज करा सकते हैं

इसके अनुसार गिंधवा गांव के किसान करन साह की तबीयत ठीक नहीं थी इसी वजह से धान बेचने के दौरान उसकी मौत हो गई प्राथमिक जांच प्रतिवेदन में बताया गया है कि मृतक के पूत्र और सहायक समिति प्रबंधक सहित अन्य लोगों ने इस बात की प्रष्टि की है दसरी ओर राजनांदगांव सांसद संतोष पांडेय ने आरोप लगाया है कि खरीदी केन्द्र में अव्यवस्था के कारण किसान की मौत हुई है उन्होंने कहा कि केन्द्र के कर्मचारियों ने धान की तौलाई करने के एवज में किसान परिवार से रूपयों की मांग की थी

दिल्ली की प्रज्ञा फाउंडेशन द्वारा शहरी गवर्नेंस इंडेक्स की सूची में छत्तीसगढ़ को पूरे देश में तीसरा स्थान हासिल हुआ है इस रैंकिंग में ओडिशा पहले और महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर है वहीं ओपन डाटा पोर्टल तक नागरिकों की पहंच और राजकोषीय प्रबंधन में छत्तीसगढ़ को पहला स्थान मिला है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और नगरीय प्रशासन मंत्री डॉक्टर शिवकुमार डहरिया ने इस उपलब्धि के लिए शहरवासियों और विमागीय अधिकारियों तथा कर्मचारियों को शुभकामनाए दी हैं स्थानीय निकायों के सशक्तिकरण जमीनी स्तर पर लोकतंत्र की स्थिति शहरी नियोजन भ उपयोग का नियमन और आर्थिक तथा सामाजिक विकास योजनाओं के साथ ही अन्य बिंदुओं के आधार पर यह सूची जारी की गई है हज आवेदन तिथि अल्पसंख्यक मामलों के केन्द्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने घोषणा की है कि अगले वर्ष की हज यात्रा के लिए आवेदन जमा करने की तिथि दस जनवरी तक बढ़ा दी गई है आज मूम्बई में संवाददाताओं से बातचीत में श्री नकवी ने कहा कि आयू स्वास्थ्य और कोरोना वायरस महामारी से संबंधित विभिन्न प्रतिबंधों पर विचार करते हुए हज यात्रा की तारीख बढ़ाई गई है अगले वर्ष जून और जुलाई महीने के दौरान हज यात्रा होनी है

यह दिन मानवाधिकारों की सार्वमौभिक घोषणा के उपलक्ष्य में हर वर्ष दस दिसंबर को मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष उन्नीस सौ अडतालीस में इस घोषणा को विश्व में मानवाधिकारों की रक्षा के लिए मानक उपाय के रूप में स्वीकार किया था इस वर्ष मानवाधिकार दिवस का विषय कोरोना महामारी से संबंधित है जिसमें मानवाधिकारों को सुनिश्चित कर संक्रमण से बेहतर तरीके से उबरने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है इस अवसर पर भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने वर्चअल माध्यम से एक समारोह का आयोजन किया

वहीं कल कोरोना संक्रमण के चौदह सौ इक्कीस नये मरीज मिले हैं कल नौ लोगों की कोरोना संक्रमण से मौत भी हुई है राज्य में वर्तमान में कोरोना पॉजीटिव उन्नीस हजार सात सौ से अधिक लोगों का विभिन्न अस्पतालों और होम आइसोलेशन में इलाज चल रहा है वहीं राजनांदगांव जिला कलेक्टर टोपेश्वर वर्मा ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को कोरोना संक्रमण की जांच संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए हैं उन्होंने बताया कि कोरोना टीकाकरण की तैयारी के लिए विकासखंड स्तर पर टास्क फोर्स का गठन किया गया है उन्होंने टीकाकरण के लिए अधिकारियों को कार्ययोजना बनाने को निर्देश दिए इस बीच छत्तीसगढ़ के लोक गायक संजय सुरीला ने लोगों से कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए आवश्यक सावधानी बरतने की अपील की है

राज्यपाल ने शहीद वीरनारायण सिंह के परिवार की मदद के लिए दो लाख रूपये की आर्थिक मदद देने की भी घोषणा की इस अवसर पर सुश्री उइके ने कहा कि शहीद वीरनारायण सिंह प्रदेश के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे जिन्होंने गरीबों की भलाई और देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहति दे दी थी वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज सोनाखान में वीरनारायण सिंह के शहादत दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने शहीद वीरनारायण सिंह के वंशजों को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सम्मान योजना के तहत दी जा रही एक हजार रूपये की पेंशन राशि को बढ़ाकर दस हजार रूपये प्रतिमाह करने की घोषणा की शहीद वीरनारायण सिंह के शहादत दिवस पर बालोद जिले के गुरूर विकासखंड में आदिवासी समाज द्वारा वीर मेला कार्यक्रम का आयोजन किया गया कार्यक्रम में महिला और बाल विकास मंत्री अनिला मेंडिया भी उपस्थित थीं इस मौके पर आदिवासी समाज के प्रतिभावान विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया वहीं शहीद वीरनारायण सिंह के शहादत दिवस के मौके पर आज कोंडागांव में कांग्रेस जिला मुख्यालय में श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया इस मौके पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने शहर के चौपाटी मैदान में शहीद वीरनारायण की प्रतिमा का अनावरण किया

इन माओवादियों ने पुलिस अधीक्षक और जिला कलेक्टर के समक्ष आत्मसमर्पण किया आत्मसमर्पित माओवादियों में गंगालर एरिया कमेटी का सदस्य बामन सोढी भी शामिल है जिस पर पुलिस ने पांच लाख रूपये का इनाम घोषित कर रखा था इन समी माओवादियों पर जवानों पर हमला सहित कई अन्य गंभीर वारदातों में शामिल रहने का आरोप है पूलिस को इन माओवादियों की लंबे समय से तलाश थी वहीं बीजापुर जिले मेँ सुरक्षा बलों ने एक इनामी माओवादी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है इस मिलिशिया डिप्टी कमांडर पर सुरक्षा बलों पर हमला करने का आरोप है जिला पुलिस बल और छत्तीसगढ सशस्त्र बल सीएएफ के जवानों ने फरसेगढ़ थाना क्षेत्र से इस माओवादी को गिरफ्तार किया वर्चुअल मैराथन छत्तीसगढ़ में पहली बार तेरह दिसंबर को वर्चुअल मैराथन दौड़ का आयोजन किया जाएगा इस दौड़ में शामिल होने के लिए छियालीस हजार प्रतिभागियों ने ऑनलाइन पंजीयन कराया है ऑनलाइन पंजीयन की आज अंतिम तिथि थी राज्य में प्रत्येक जिले में पहले तीन सौ से पांच सौ तक पंजीयन कराने वाले प्रतिभागियों को टी शर्ट प्रदान कर उन्हें प्रोत्साहित किया जाएगा मैराथन के दौरान कोरोना संक्रमण के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए प्रतिभागी किसी भी स्थान पर समृह में एकत्रित नहीं होंगे प्रतिभागी घर पार्क मैदान सडक या किसी अन्य सरिक्षत स्थान पर सोशल डिस्टिंसिंग का पालन कर दौड़ते हए अपनी बीस से तीस सेकेंड का वीडियो अथवा फोटो हैशटैग कर फेसबुक ट्वीटर और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया पर तेरह दिसंबर को सुबह छह से ग्यारह बजे तक अपलोड कर सकते हैं

पुलिस ने कोकीन इग्स के साथ एक महिला सहित दो लोगों को गिरफ्तार ँकिया है पूलिस और साइबर सेल की टीम ने मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की इस मामले में एक आरोपी को रायपुर से गिरफ्तार किया गया इसके बाद पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह भिलाई में रहने वाली अपनी एक महिला भित्र के साथ सोशल मीडिया के माध्यम से ड्रग्स बेचता था इस बीच महिला आरोपी भागने की फिराक में थी लेकिन पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया पुलिस के अनुसार नशीले पदार्थ बेचने के आरोप में पहले से गिरफ्तार किए गए लोगों के साथ इन आरोपियों के संबंध हैं गोलीकांड मामला आरोपी गिरफ्तार गरियाबंद जिले में बीते दिनों एक शादी समारोह में हुए गोलीकांड के मामले में पुलिस ने एक कुख्यात आरोपी सहित तीन लोगों को गिरफ्तार किया है यह आरोपी लंबे समय से फरार था और इस पर इक्कीस आपराधिक प्रकरणों में शामिल रहने का आरोप है तीन जिलों की पुलिस इस आरोपी की तलाश कर रही थी इसने बीते दिनों पांडका में आयोजित शादी समारोह में फायरिंग की थी इसके बाद यह आरोपी नागपूर चला गया था और वहां से गोवा भागने की फिराक में था तभी पुलिस ने नागपुर से आरोपी के साथ उसके दो सहयोगियों को भी गिरफ्तार कर लिया आरोपी के पास से विदेशी पिस्टल और वाहन बरामद किया गया है संक्षिप्त समाचार छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा बीमा चिकित्सा पदाधिकारी परीक्षा के मॉडल उत्तर जारी कर दिए गए हैं यह उत्तर आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है इस मॉडल उत्तर पर उम्मीदवार बारह से अट्ठारह दिसंबर तक अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कल से सरगूजा संभाग के पांच दिवसीय प्रवास पर रहेंगे मुख्यमंत्री ग्यारह और बारह दिसंबर को कोरिया जिले में दो सौ करोड़ रूपये से अधिक के निर्माण और विकास कार्यो का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे कोरोना महामारी के दौरान भी वनोपज संग्रहण से वनवासियों को इस वर्ष करीब ढाई हजार करोड़ रूपये की आय होने की संभावना हे ट्राइफेड के अनुसार जुलाई महीने तक एक सौ बारह करोड़ रूपये का वनोपज संग्रहित किया जा चुका है महासमुंद जिले के बावनकेरा में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान के तहत महिला स्व सहायता समूह के गठन के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया